नीति आयोग के सदस्य विनोद कमार पॉल ने बताया है कि इस योजना से गरीब परिवारों को पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध होगा उन्होंने कहा कि देश में आयुष्मान भारत के तहत वर्ष दो हजार बाईस तक डेढ़ लाख स्वास्थ्य और क्शलता केन्द्र खोले जाएंगे इन केन्द्रों में मध्मेह कैंसर हृदय रोग सहित अन्य रोगों के उपचार की व्यापक सुविधाएं होंगी हडताल प्रदेश के निजी बस आप्रेटर्स अपनी मांगों के समर्थन में आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे इस हड़ताल से प्रदेश की परिवहन व्यवस्था चरमरा जाएगी हालांकि इससे निपटने के लिये एचआरटीसी ने अतिरिक्त बसें चलाने का दावा किया है हजारों रूटों पर निजी बसें न चलने से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ेगी खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की परिवहन व्यवस्था ज्यादा बिगड़ेगी इस बीच परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश पथ परिवहन निगम की बसें सभी रूटों पर यात्रियों के लिये उपलब्ध रहेंगी उन्होंने कहा कि इसके लिये समुचित व्यवस्था की गई है ताकि यात्रियों को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े कांग्रेस बढ़ती महंगाई व पैट्रोल डीजल की कीमतों में हो रही वृद्धि के मद्देनजर आज विपक्षी दल कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी बंद के समर्थन में प्रदेश कांग्रेस ने भी शांतिपूर्वक बंद का आयोजन करने का निर्णय लिया है शिमला में कल पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने कहा कि पैट्रोल डीज़ल के दाम रोज़ाना बढ़ रहे हैं और जनता महंगाई से परेशान है उन्होंने कहा कि रसोई गैस और दूध की कीमतें बढ़ने से भी लोगों की परेशानी बढ़ गई है इस बंद के दौरान एम्बूलेंस सेवा अग्निशमन सेवा को बाधित नहीं किया जाएगा मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कुछ भागों में दिन की शुरुआत खिली धूप के साथ हुई है जबकि राज्य के अन्य कुछ क्षेत्रों में आसमान पर बादल छाए हुए हैं जबकि जनजातीय जिला किन्नौर व लाहुल स्पिति सहित चम्बा व शिमला में बीती रात वर्षा होने का समाचार है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकतर समाचापत्रों ने निजी बस आप्रेटरों की अनिश्चतकालीन हड़ताल और चिंतपूर्णी बस हादसे से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला का शीर्षक है हिमाचल में आज से थम जाएंगे चार हजार निजी बसों के पहिये पंजाब केसरी की सुर्खी है हड़ताल से निपटने को एचआरटीसी लेगा कर्मचारियों की अतिरिक्त सेवाएं दिव्य हिमाचल के शब्द हैं भारत महंगाई व हिमाचल बस किराये पर बंद दैनिक जागरण का कहना है निजी बसों के भरोसे आज न निकलें घर से हिमाचल दस्तक के अनुसार एक ओर प्राइवेट बस हड़ताल तो दूसरी ओर है भारत बंद

अमर उजाला का शीर्षक है चलती बस से एचआरटीसी चालक को खींचा बस खाई में गिरी दो की मौत दैनिक जागरण लिखता है झगड़े के बाद चलती बस से बाहर खींचा चालक खाई में लुढ़की सड़कों के निर्माण में देरी व क्वालिटी ठीक न होने पर हिमाचल को फटकार शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव अमरजीत सिन्हा ने लिखा पत्र

मुख्यमंत्री के बयान को दैनिक सवेरा टाइम्स ने शीर्षक दिया है हिमाचल में लोकसभा की चारों सीटें जीतेगी भाजपा इसी पत्र के अनुसार जयराम ने राजनाथ से गिरीपार को मांगा जनजातीय दर्जा हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल के बयान को आपका फैसला ने सुर्खी दी है महंगाई व पेट्रो पदार्थों के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी पर मोदी मौन क्यों हैं बिना हस्ताक्षर शिकायत पर प्रधानों के खिलाफ जांच नहीं शीर्षक से अमर उजाला ने लिखा है ग्राम पंचायतों में घोटालों की जांच करने के लिये पंचायती राज विभाग के अनोखे फरमान अब एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने सम्पादकीय लापरवाही का खेल में लिखा है कि स्कूली खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ी विद्यार्थियों के प्रति लापरवाही न केवल उनकी सुरक्षा की चिंता बढ़ाती है बल्कि आयोजन पर भी सवाल खड़े करने वाली है